मुख्यमंत्री जयराम ठाकर धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर किए जा रहे सभी प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करेंगे

इस बीच देश विदेश के अनेक निवेशक आज ही धर्मशाला पहुंच जाएंगे

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित मानचित्र में समूचे देश की बंजर भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है बॅजर भूमि के विभिन्न उत्पादक कार्यो के लिए इस्तेमाल में इस मानचित्र से मदद मिलेगी कार्यशाला चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रभावशाली आपदा प्रबन्धन व जोखिम न्यूनीकरण में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बेहतर तालमेल पर बल दिया है चंबा में आपदा प्रबन्धन न्यूनीकरण में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का समन्वय व अन्तर एजेंसी समूह का गठन विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही विवेक भाटिया ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत भी बताई सम्मेलन कुल्लू जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में कल से तीन दिवसीय जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन शुरू हुआ इस अवसर पर उपायुक्त ऋचा वर्मा ने विद्यार्थियों से वैज्ञानिक सोच अपनाने और अपने आस पास की समस्याओं का निदान विज्ञान में ही ढूंढने का आहवान किया उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अविष्कार से देश और संपूर्ण मानवता के लिए अहम योगदान दे सकते हैं

इस मीट में देश विदेश के कई उद्योगपति हिस्सा लेंगे इस उपलक्ष्य में मीट की पूर्व संध्या पर आज रात आठ बजे आकाशवाणी शिमला से विशेष कार्यक्रम करटेन रेजर ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का प्रसारण किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने उद्यमियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश तथा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में नया उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक एनओसी लेने की जरूरत नहीं राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी दैनिक जागरण लिखता है इन्वेस्टर्स मीट से पहले उद्यमियों को तोहफा आठ विभागों से एनओसी व कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं हिमाचल दस्तक के शब्द हैं छोटे उद्योगों को बड़ी राहत अब काम शुरू करने को सरकारी मंजूरियों की नहीं जरूरत दैनिक भास्कर के मुताबिक उद्यमी बिना मंजूरी और एनओसी के बिना लगा सकेंगे छोटे मध्यम उद्योग ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है पौने दो लाख रोजगार देगी इन्वेस्टर मीट जबकि आपका फैसला का शीर्षक है निवेश के लिए नीति बदलने से मिले बेहतरीन परिणाम दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं धर्मशाला मीट में एक हजार सात सौ दस इन्वेस्टर करेंगे शिरकत

अमर उजाला ने खबर दी है बारिश के देवता की शरण में पहुंचे सीएम एक हजार सात सौ दस निवेशकों का आना तय पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है कैबिनेट में जाएगा वैट का वन टाइम सैटलमेंट मामला महाराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल की तर्ज पर स्कीम लाने पर विचार इसी समाचार पत्र के अनुसार दिल्ली से चैकअप करवाकर वापस शिमला लौटे वीरभद्र सिंह मंत्रियों विधायकों का डेढ़ लाख बढ़ा मुफत यात्रा भत्ता अमर उजाला की एक खबर है वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है माननीयों की चार लाख तक की मुफत यात्रा पक्की